केन्द्र सरकार ने कहा है कि निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाली विशेष ग्रेड के इस्पात का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में किये जाने की मंजूरी दी गई है ये इस्पात चाहे पेलेट्टस् और बिलेट्स या कबाड़ को गला कर बनाये गये हो सकते है जिन्हें एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण पर खरा उतरने के बाद प्रयोग में लाया जा सकेगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सबम्ध में निर्देश जारी किये है विभिन्न समूहों निर्माण से जुड़े लोगों व विशेषज्ञों तथा तकनीकी पक्ष के माहिरों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है पहले सिर्फ मुख्य व इंटीग्रेडट स्टील निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाये इस्पात का ही प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित सभी ऐसे लेन जिसमे वाहनों की आवाजाही के लिए शुल्क लगना है जो कल आधी रात से फास्टेग घोषित कर दिये जायेंगे सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अन्सार ऐसा डिजीटल तरीके से भ्गतान किये जाने की स्विधा को बढ़ावा देने के लिए किया है जिससे नाको पर समय भी कम लगेगा और ईंधन की खपत भी घटेगी

मंत्रालय ने इस वर्ष पहली जनवरी से एम व एन श्रेणी के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है जो कम से कम पहियों वाले हरियाणा में पर्यटन को बधावा देने के लिए केरल की तरह ही यहां ताज़ेवाला व हथंनीकंड बैराज पर बोटिंग व राफटिंग की संभावनाएं तलाशी जायेगी पर्यटन मंत्री कंवरपाल गूर्जर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने के लिए केरल के दौरे पर है वहां के विभिन्न पर्यटन स्थ्लों को देख रहे है श्री ग्र्जर ने ये जानकारी देते हये बताया कि केरल के पर्यटन क्षेत्रों व स्थलो की तरह ही हरियाणा के यम्नानगर जिले में ताजेवाला व हथिनीकंड बैराज है जहां नौकायन राफ्टिंग व अन्य गतिविधियों पर्यटको को आकर्षित करने के लिए की जा सकती है आज यमुनानगर के आदिबद्री में यज्ञ व मंत्रोच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ हआ केन्द्री जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया त्रिनीदाद व टोबैगो के उच्चायुक्त डा रोज़र गोपोल सांसद नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यकित इस दौरान मौजूद थे शुभारंभ पर सरस्वती की आरती भी गई इससे पूर्व सरस्वती शोध संसथान के संस्थापक व पदमभूषण स्वर्गीय दर्शन लाल जैन को भी श्रदधांजलि दी गई और सस्तवती नदी के पुनरूदवार के लिए उनके प्रयासों को याद किया गया हरियाणा के श्रम रोजगार एवं प्रातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने कहा कि संत कबीर दास किसी एक वर्ग या समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के थे जिनकी उनकी वाणी कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए थी श्री धानक हिसार में राजगढ़ रोड पर स्थित संत कबीर छात्रावास में संत कबीर दास दवार की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे

श्री धानक ने कहा कि कबीर पंथ निरपेक्षता का मार्ग है और संविधान भी इसके लिए प्रतिबदध है संत कबीर समाज सुधारक भी थे जिन्होंने जाति पाति ऊंच नीच और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों में चेतना जताई परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राम जन्म भूमिक क्षेत्र तीर्थ निधि अभियान को पांच लाख इक्यावन हजार की राशि दान की है उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में खुशी की लहर है और इसके लिए समपर्ण अभियान की टीम पांच लाख से ज्यादा गांवों तक पहंचेगी और लोगों से इच्छान्सार दान लेगी

दो साल पहले पहले आज ही के दिन कश्मीर के प्लवामा में सैनिक अपनी पोस्ट पर जा रहे थे तभी आतंकियो ने उन पर हमला कर दिया था जिसमें अनेक जवान शहीद हो गये थे आज भिवानी में प्लवामा के शहीदों व बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री स्षमा स्वराज को श्रद्धांस्मन अर्पित किये गये कृषि मंत्री जे पी दलाल व सांसद धर्मवीर सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी श्री दलाल ने कहा कि शहीदों की बदौलत व सीमाओं पर तैनात सैनिकों के कारण हम ख्ली हवा में सांस लेते है धर्मवीर सिंह ने स्षमा स्वराज को याद करते हये कहा कि उन्होंने विदेशों मंत्री रहते हये देश का गौरव बढ़ाया अम्बाला में भी आयोजित कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद ह्ये जवानों को श्रद्धांजलि सभा मे नमन किया गया पंचक्ला में य्वा व्यापार मंडल दवारा शहीद हये सैनिकों को याद में श्रदधांजलि सभा आयोजित की गई जिसमें प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग ने कहा कि उनके योगदान को कभी ब्लाया नहीं जा सकता हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा है कि कोरोना काल के मद्देनज़र बहृत से लोग कृंभ के स्नान से वंचित रह जायेंगे

हिसार में गायत्री शक्ति पीठ एवं संसकारशाला के स्थाना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्री गंगवा ने कहा कि गायत्री परिवार पूरी सेवाभाव से समाज व प्रशासन के साथ खड़ा है

श्री गोयल ने कहा कि खुले में शौचम्क्त घोषित करने की दिशा में भी पंचकूला ने लगातार तीन बार यह उपलब्धि हासिल की है

डॉ प्रसाद ने कहा कि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है

हरियाणा कला परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मिलकर पंजाब के पटियाला स्थित उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एनजेडसीसी को हरियाणा में शिफ्ट करने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापनसौंपा